कोविड वैक्सीन पूरी तरह स्रक्षित है टीकाकरण के लिए आगे आएं अफवाहों पर विश्वास न करे यह भी याद रखना है कि बार बार हाथ धोना मास्क पहनना व दो गज की दूरी अभी भी जरूरी है प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में ज़ोर देकर कहा है कि आत्मनिर्भर भारत एक राष्ट्रीय भाव है जो देश के प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करता है और ये सिर्फ एक आर्थिक अभियान नहीं है प्रधानमंत्री ने आज देश के विभिन्न हिस्सो से ज्ड़ने वालों के विचार भी सुने तथा उनके सवालों के जवाब भी दिये कोलकाता के रंजन के सवाल का जवाब देते ह ये प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि आत्मनिर्भर होने की पहली शर्त अपने देश मे बने उत्पादों पर गर्व करना है उन्होंने कहा कि जब हर एक देशवासी ऐसा करता है तो आत्मनिर्भर भारत एक राष्ट्रीय भाव बन जाता है प्रधानमंत्री ने कहा कि तेजस जैसे लड़ाकू विमानों को आकाश में करतब करते देख लोग गर्व महसूस करते है भारत में बने टैक मिसाइले और मेट्रो ट्रोन कोच भी भारतीय को गौरव प्रदान करते है

प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ बड़े उत्पाद ही भारत को आत्मनिर्भर नहीं बताते बल्कि कपड़ा दस्तकारी इलैक्ट्रोनिक उपकरण मोबाइल जैसे अन्य क्षेत्रों के उत्पाद देश को आत्मनिर्भर बनाने में मुख्य भूमिका निभाते है

श्री मोदी ने कहा कि पानी प्रकृति की तरफ से दिया गया सांझा उपहार है इसलिए इसकी संभाल करना सभी की जिम्मेदारी है श्री मोदी ने आज अपने सम्बोधन में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का जिक्र भी किया उन्होंने इस अवसर पर लोगों विशेषकर य्वकों को विज्ञान का इतिहास और भारत में वैज्ञानिकों के बारे में ज्यादा पढ़ने और समझने की अपील की श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में विज्ञान की शक्ति का बह्त योगदान है प्रधानमंत्री ने माघ महीने का जिक्र करते हये इसके आध्यात्मिक एवं सामाजिक महत्व के बारे में बात की

अगर भारतीय खेलों के भी आखों देखा हाल का प्रसारण हो तो इन खेलों को भी उसी ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है प्रधानमंत्री ने मार्च महीनें में होने वाली परीक्षा पर चर्चा की बात की और विदयार्थियों अभिभावकों व अध्यापकों को अपने अनुभव व नृक्ते माई गोव प्लैटफार्म व नरेन्द्र मोदी एप्प पर सांझे करने के लिए कहा

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड टीकाकरण स्थल पर ही पंजीकरण की स्विधा उपलब्ध होगी ताकि पात्र लाभार्थी वहां आकर पंजीयन करा कोरोना का टीका लगवा सकें

केन्द्र ने कहा है कि राज्य सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की सभी इकाइयों की स्वास्थ्य सुवधिाओं को कोविड टीकाकरण केन्द्र के तौर पर इस्तेमाल कर सकते है हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र पांच मार्च से श्रू हो रहा है

श्री ग्प्ता ने बताया कि ये विधेयक इस उददेश्य की पूर्ति के लिए गठित एक समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है